केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन दोंनो सदनों में आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी

राज्यसभा ने कल इसकी मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विधेयक में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक वर्ग में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों जनजातियों शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान है यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा

शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए शहर में खाली स्थानों पर छोटी छोटी पार्किंग बनाई जानी चाहिए मौसम प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और कई भागों में जोरदार वर्षा हो रही है लंबे समय बाद हो रही इस वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से भी निजात मिली है हालांकि कुछ इलाकों में वर्षा न होने से गर्मी का प्रकोप बना हुआ है ये वर्षा मक्की व धान सहित अन्य फसलों के लिए लाभकारी मानी जा रही है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में सुबह से ही रूक रूक कर तेज़ वर्षा का कम जारी है

पुलिस जांच मंडी के पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने गागल पुलिस चौकी में बुजुर्ग महिला की सुनवाई न होने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है उन्होंने चौकी प्रभारी को लाईन हाजिर कर दिया है बुजुर्ग महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें तीन घंटे तक चौकी में बैठाए रखा लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग किए जाने के निर्णय को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है कैबिनेट ने हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल किया भंग हादसे रोकने को रोड सेफटी सैल दैनिक भास्कर का शीर्षक है प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने को सरकार की मंजूरी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग अब ट्रिब्यूनल के सारे केसों की सुनवाई हाईकार्ट में जबकि पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद करने का फैसला हिमाचल दस्तक और दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग सड़क हादसों को रोकने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के गठन को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है अब रोड सेफ्टी सैल रोकेगा सड़क हादसे परिवहन निदेशक होंगे अध्यक्ष पंजाब केसरी की सुर्खी है झंझीड़ी बस हादसे की जांच को तीन सदस्यीय कमेटी गठित अजीत समाचार के मुताबिक हिमाचल में गठित होगा सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ अमर उजाला की एक खबर है बंजार बस हादसे के पीड़ितों को पीएम मोदी का मरहम जबकि पंजाब केसरी का कहना है प्रधानमंत्री ने बंजार बस हादसे के मृतकों के परिजनों को दी फौरी राहत नीट मैरिट सुची पर दैनिक जागरण का शीर्षक है नीट की मैरिट में बैजनाथ की इशिता टॉपर पंजाब केसरी लिखता है नीट संयुक्त मैरिट सूची में बैजनाथ की इशिता आजाद अव्वल अब योग्य वाटर गार्ड बनेंगे पंप अटेंडेंट आपका फैसला की एक खबर है जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक जल रक्षकों पर बरसी जयराम कृपा आयुर्वेद विभाग में हुए गड़बड़झाले मामले पर दैनिक जागरण की सुर्खी है आयुर्वेद विभाग के निदेशक संजीव भटनागर का तबादला कंडाघाट में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूल संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है

नमस्कार